इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान सहित छह राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की किसानों ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि नये कृषि कानूनों ने किसानों को बेहतर विकल्प दिये है अब किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी बेचने को लिए स्वतंत्र है

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हर मुददे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है

उन्होंने आशा जताई कि किसानों को नये कृषि कानूनों का महत्व समझ में आयेगा और इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जायेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार सौर और पवन ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनायेगी आज मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से बातचीत करते हये उन्होंने राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल की उपब्धियां बताई श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में पवन ऊर्जा से साढे चार हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जायेगा श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में खनिज के बड़े भण्डार है और इनके व्यापक दोहन के लिए रणनीति बनाकर काम किया जायेगा

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वाजपेयी समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्वांजलि दी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाजपेयी के व्यक्तित्व को याद करते हुये उन्हें नमन किया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अटल जी की राष्ट्र उत्थान का पथप्रदर्शक बताया भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया सहित कई भाजपा नेताओं ने भी वाजपेयी को श्रृंद्वांजलि दी सुशासन दिवस पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये

राष्ट्र आज शिक्षाविद और स्वतंता सेनानी पं मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें भी श्रृदांजलि अर्पित कर रहा है

भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की पुण्य तिथि के अवसर पर आज शहर में सूरजमल स्मारक पर श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और हरियाणा के पूर्व मुख्यमत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सहित कई अन्य नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्य अर्पित किये टोंक के तेजाजी छात्रावास में भी महाराजा सूरजमल की पुण्य तिथि मनाई गयी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर महाराजा सूरजमल को याद किया देश में कोविड रोगियों की संख्या में लगातार कमी जारी है

विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है टीकाकरण प्रकिया के प्रबंधन के लिए कार्यकर्ताओं को कोविंन प्लेटफार्म का उपयोग करने और टीके के संभावित दुष्प्रभावों के मामलों के प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्व जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है इसी के तहत कोविड के प्रति जागरूकता के लिये आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

निवेशकों से धोखा धड़ी करने वाली मल्टी स्टेट कोडिट को ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ अब परिवाद दायर किया जायेगा केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अधीन इन सोसायटियों के विरूद्व इस्तगासा दायर करने के लिए राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया है सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि पीडितों से ऑन लाईन शिकायत प्राप्त करने के लिये राज्य सहकार पोर्टल की शुरूआत की गयी है

प्रभू यीशु मसीह का जन्म दिवस किसमस पर्व प्रदेशभर में आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर गिरजा घरों में विशेष सजावट की गयी है मानवता को सेवा त्याग और क्षमा भाव का संदेश देने वाले प्रभ यीश के जन्म दिवस पर गिरजा घरों में किसमस ट्री सजाये गये है इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को किसमस की बधाईयां दी और सांता क्लोज ने बच्चों को उपहार बांटे टोंक झालावाड़ भरतपुर अजमेर बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कारोना को देखते हुये गिरजाघरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किसमस पर्व मनाया जा रहा है

कोविड़ और नाईट कर्फ्यू के कारण माल्स और अन्य स्थानों पर किसमस कार्निवल जैसे आयोजन नहीं किये गये

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है इससे लोगों को सर्दी से थोडी राहत मिली है हालांकि चूरू और झुंझुनू जिले के पिलानी में शीतलहर का असर बना हुआ है हमारे च्रू संवाददाता ने बताया कि जिले में दिन में धूप होने के बावजूद गलन बनी हुई है